विदेश सचिव विजय गोखले ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद भारत में और आत्मघाती आतंकी हमलों की कोशिश कर रहा था और इसके लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था उन्होंने कहा कि इस कारण यह हमला करना जरूरी था श्री गोखले ने यह भी बताया कि इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी उनको प्रशिक्षण देने वाले और संगठन के सीनियर कमांडर मारे गए हैं उन्होंने बताया कि यह असैन्य कार्रवाई थी जिसे घने वन क्षेत्र में अंजाम दिया गया ताकि नागरिक हताहत न हों उन्होंने बताया कि इन प्रशिक्षण शिविरों की स्थिति के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी लेकिन उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की विभिन्न राजनीतिक दलों ने भारत की वायुसेना द्वारा किये इस हमले का स्वागत किया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि पार्टी वायुसेना की भूमिका के लिये उसे सलाम करती है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने ट्वीट संदेश में भारतीय वायुसेना को इस कार्य के लिये बधाई दी है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सैनिकों बधाई देते हुये कहा कि इस अभियान के शुरू होने से आंतकवाद का खात्मा जल्द हो जायेगा प्रधानमंत्री राजस्थान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के चुरू में एक जनसभा में देश के वीर जवानों को नमन करते हये कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है देश को किसी के सामने झकने नहीं दिया जायेगा प्रधानमंत्री की चार दिनों के भीतर राजस्थान में यह दूसरी जनसभा है

अक्षयपात्र फाउंडेशन को देश भर में लाखों बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराने और सुलभ इंटरनेशनल को भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार और सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिये दिया गया

केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय पुलिस अनुसंधान एवं विकास विभाग तथा मध्यप्रदेश जेल विभाग के तत्वधान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी प्रदेशों एवं केन्द्र शासित राज्यों के विभागाध्यक्ष डीजी जेल उनके सहयोगी अधिकारी शामिल हो रहे हैं जेल महानिदेशक संजय चौधरी ने बताया कि पहली बार यह कांफ्रेंस मध्यप्रदेश में हो रही है जश्न ए उर्दू मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा आज से तीन दिन तक भोपाल के रवीन्द्र भवन में उर्दू जबान ओ अदब उर्दू तालीम और तहज़ीब ओ सकाफ़त पर आधारित जश्न ए उर्दू का आयोजन किया जा रहा है उद्घाटन सत्र की शुरूआत पुलवामा शहीदों को श्रद्वांजलि से होगी

उद्घाटन के बाद इजिप्ट का सूफी नृत्य तनोरा और विश्व विख्यात कव्वाल उस्ताद चांद कादरी सूफियाना की कव्वाली होगी

इस दौरान वह किसानों को सम्मान पत्र वितरित करेंगे